प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में कहा कि अगले दो दिनों में शेष सभी जिलों के जिला परिषद प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम शिमला के गेयटी थियेटर में होगा

नियुक्तियां कांगड़ा और हमीरपुर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आज अपने अपने जिलों में पंचायत जिला परिषद और जिला सभिति चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विकास खण्ड अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी और सैक्टर अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है हमीरपुर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने कहा कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी समस्त जिला और संबंधित एसडीएम अपने अधिकार क्षेत्र में पंचायत चूनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं

वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि सरकार के इस निर्णय से साफ हो गया है कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की विरोधी है वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं लेकिन सरकार आज इन्हें बंद कर संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रही है उन्होंने ये भी कहा कि आज कोरोना महामारी के इस काल में जहां दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है वहीं सरकार इन्हें कमजोर करने में जूटी है उन्होंने जनहित में इस फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की टैस्टिंग सुविधा सोलन शहर में लोगों को कोरोना टैस्ट के लिए अब अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे स्वास्थ्य विमाग ने प्रसिद्ध ठोडो मैदान में वॉक इन कोरोना टैस्टिंग सुविधा आज से आरम्भ कर दी है जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने कहा कि सोलन व आसपास के लोग बिना किसी प्रक्रिया और रोक टोक के यहां आकर अपनी इच्छा अनुसार कोरोना टैस्ट करवा सकते हैं उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना टैस्टिंग की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों का आवाहन किया है कि वह प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाएं राठौर आज लाहौल स्पिति और किन्नौर जिला के पार्टी पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने को कहा राठौर ने बूथ कमेटियों का गठन जल्द पूरा करने को कहा ताकि पार्टी के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से पूरे हो सकें